इन मरीजों की लगातार दो बार निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद इन्हें रांची के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई समाज को अपने संदेश में चारों रोगियों ने कहा कि उन्होंने कभी भी आत्मविश्वाास और इच्छाशक्ति नहीं छोड़ी इन लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी आशा नहीं त्यागी और सरकार पर उनका पूरा भरोसा रहा उन्होंने कहा कि चिकित्सा दलों ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की और कोरोना से लड़ने में मदद की

उधर झारखंड में धनबाद जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है वहीं राज्य में अब तक उन्नीस लोग इस बीमारी से उबर कर ठीक हो चुके हैं रांची के हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही झारखण्ड में कुल संक्रमितों की संख्या एक सौ पांच पहुंच गई है वहीं हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन के पालन के लिए कल सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है सीआरपीएफ के जवानों ने हिन्दपीढ़ी के इलाकों में फ्लैग मार्च किया रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र में आज से बगैर पास वाले कार या मोटरसाइकिलों के चलने पर पाबंदी लगा दी गई है चान्हो के अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने कल बताया कि बगैर पास के सड़क पर कार या मोटरसाइकिल चलते पकड़े गए तो उन्हें जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि अगर किसी को विशेष जरूरी कार्य है तो वह अंचल कार्यालय में आवेदन देकर अपने वाहनों का पास बनवा सकते हैं अंचल अधिकारी ने बताया कि मालवाहक वाहनों के लिए किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है सिर्फ निजी वाहनों के लिए पास अनिवार्य होगा

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्वि हो रही है

इस महामारी से एक हजार सात लोगों की मौत हुई है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

डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों से इस महामारी की रोकथाम के उपाय तलाशने में तेजी लाने की अपील की उन्होंने कहा कि छह वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है जिनमें चार का परीक्षण अंतिम चरण में है जैव प्रोद्यौगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने स्वास्थ्य मंत्री को अनुसंधान रणनीति की जानकारी दी तथा इस महामारी से निपटने की तात्कालिक और दीर्घावधि तैयारियों की कार्ययोजना से अवगत कराया इन प्रयासों में वैक्सीन संबंधी अनुसंधान और देश में नैदानिक सुविधा का विकास शामिल है

पीएमजीकेवाई पैकेज के अंतर्गत दो हजार करोड रुपये से अधिक के कोविड दावों सहित चार हजार छह सौ चौरासी करोड़ रुपये वितरित किए गए

इसे लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में पुलिस अपने वाहन से अस्पताल भी पहुंचाएगी या चिकित्सकों के पास ले जाएगी

डीजीपी एमवी राव को सूचना मिली थी कि कुछ बुजुर्ग जिनके पुत्र या रिश्तेदार उनके साथ नहीं रहते हैं उन्हें चिकित्सा सुविधा और दवा प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं इसके बाद डीजीपी ने यह आदेश जारी किया है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

सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रियों के साथ बैठक में इस निर्णय की जानकारी दी कंपनियों को पहले कार्यालय का वर्चअल प्राइवेट नेटवर्क घर के कप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति नहीं थी

ओडिशा में आकाशवाणी जेपुर से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि ये दिशानिर्देश लोगों के साथ साथ पूरे समाज और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे वहीं दूसरी ओर श्री मुंडा ने कल वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से रांची और पूर्वी सिंहमूम के सामाजिक धार्मिक उद्योग तथा व्यवसाय जगत से जुड़े लोगों से बातचीत की

बॉलीवुड के अभिनेता इरफान खान का आज निधन हो गया वे कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे कल ही उन्हें मुंबई स्थित एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था केन्द्रीय मंत्री प्रकाष जावेड़कर फिल्म निदेषक प्रकाष झा और अभिनेता अमिताभ बच्चन समेत कई कलाकारों ने उनके निधन पर संवेदना जताई है राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला

इस दौरान कई इलाकों में वजपात और ओला गिरने की भी जानकारी सामने आई है

उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ चतरा हजारीबाग बॉर्डर का निरीक्षण कर सुरक्षाबलों को लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गुमला जिला को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा गुमला की ओर से आज डुमरडीह गांव के सैकड़ों लोगों के बीच साबुन का वितरण कर लोगों को कोरोनावायरस से बचने के लिए जागरूक किया गया